प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के गांधी नगर में श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ किया इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों और मज़दूरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा की गई थी इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों और श्रमिकों को सशक्त बनाने को प्रति वचनबद्ध है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने गरीबों और श्रमिकों के लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल और बीमा संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की है जबकि विपक्ष का एकमात्र एजेंडा इस सरकार को हटाने पर आधारित है

जो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे उनमें साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रूपए की नियमित मासिक पेंशन तय है मतलब साल भर में करीब करीब चालीस हजार इस योजना से असंगठित क्षेत्र के दस करोड़ कार्मिक लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री ने कहा आजादी के बाद के इतिहास की यह पहली योजना है जिसने समाज के उस वर्ग को छुआ है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया कारण क्या है ऐसा सोचा क्यों नही गया कारण साफ है नियत में खोट इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लाभार्थियों को पेंशन कार्ड भी वितरित किये इसका उददेश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय पन्द्रह हज़ार रूपये या उससे कम है उनको वृद्धावस्था में सहारा देना है देश की जीडीपी का आधा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे चालीस करोड़ से ज्यादा श्रमिकों से आता है इस योजना से अब श्रमिकों की सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा निश्चित हो सकेगी प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में श्रमयोगी मानधन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिये गये केन्द्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने आज बागपत में पांच श्रमिकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये ज़िले में चालीस हज़ार से ज़्यादा मजदूरों का पंजीकरण कर उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा फिरोजाबाद में प्रदेश सरकार के मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दो सौ सोलह श्रमिकों को योजना के कार्ड वितरित किये जिनमें अधिकतर महिला श्रमिक शामिल हैं इस अवसर पर ज़िलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने अधिकारियों को ज़िले भर में शिविर लगाकर श्रमिकों को इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी देने और उनक पंजीकरण का निर्देश दिया अयोध्या में जिनकी मेहनत देश का आधार उनकी पेंशन का सपना साकार की थीम के साथ इस योजना की शूरूआत स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने की आगरा में भाजपा विधायक जगन प्रसाद गर्ग और ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक सौ पात्रों को कार्ड प्रदान किये इस दौरान योजना के तहत अपना पंजीकरण कराने के लिये आये लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जरिये शुरू की गई इस योजना को श्रमिकों के लिये वरदान बताया बलरामपुर ज़िले में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद दद्दन मिश्रा ने श्रमिकों को इस योजना के प्रमुख बिन्दुओं से अवगत कराया इसके अलावा मऊ पीलीभीत रामपुर और बरेली में भी श्रमिकों को योजना के कार्ड वितरित किये गये सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्य वर्द्वन राठौड़ ने लोगों से सोशल मीडिया का ज़िम्मेदारी के साथ उपयोग करने का आहवान किया है आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री राठौड ने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश का सैनिक है और उन्हें सोशल मीडिया का बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिये क्योंकि यह सबसे तेज खबरें देने वाला मीडिया है श्री राठौर ने कहा एफएम रेडियो का अपना एक अलग एक खासियत होती है

अगर आप ध्याडन दें तो खबरें भी आजकल लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि मेरे आसपास के क्षेत्र की खबर क्या् है उसके बाद राष्ट्रल की जानना चाहते हैं कि और उसके बाद देश विदेश की खबरें जानना चाहते हैं तो एफएम स्टेयशन ने अब लोकल एरिया को जो इंपोटेंस दी है वो आज तक किसी और रेडियो स्टेकशन में नहीं हो पाई और इसी कारण से एफएम बहुत पॉपुलर हो गया है एक प्रश्न के उत्तर में श्री राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत श्रू नहीं होगी जब तक वह आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार यूवाओं को रोजगार देने के लिये वचनबद्ध है और वह अब तक ढाई लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है

उन्होंने कहा कि इस तरह के केन्द्र स्थापित होने से रोजगार के लिये युवाओं को एक समुचित मंच मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीन सौ से ज्यादा सरकारी आईटीआई और ढाई हजार से ज्यादा निजी क्षेत्र के आई टीआई व कौशल विकास केन्द्र मौजूद है इन केन्द्रों से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में युवा प्रशिक्षित होकर निकलते हैं उन्होंने कहा कि पिछले सालों से उनके प्लेसमेंट के लिये भी काम किया जा रहा है कार्यक्रम को आईसीआईसी आई बैंक लिमिटेड के अधिशासी निदेशक अनूप बागची ने भी संबोधित किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन समारोह में भाग लिया इस अवसर पर श्री योगी ने संतों और विभिन्न अखाड़ों के प्रमुखों को सम्मानित किया इसके अलावा उन्होंने इस विश्वस्तरीय आयोजन की व्यवस्था में प्रभारी भूमिका निभाने वाले अधिकारियों पुलिसकर्मियों और स्वच्छताग्रहियों को भी सम्मान प्रदान किया

इस दौरान मेला प्राधिकरण ने स्वच्छता यातायात और भीड़ प्रबंधन तथा पेंट योर सिटी में गिनीज ब्रुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में तीन कीर्तिमान दर्ज कराने में भी सफलता हासिल की राष्ट्रीय लोकदल सपा बसपा के गठबंधन में शामिल हो गया है इस बात की घोषणा आज लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयन्त चौधरी ने संयुक्त रूप से की गठबंधन ने राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तीन सीटें दी हैं राष्ट्रीय लोकदल बागपत मथुरा और मुजफ्फरनगर सीटों पर चुनाव लड़ेगी हमारे संवाददाता ने बताया कि सपा बसपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछली बारह जनवरी को चुनावी गठबंधन किया था सीटों के बंटवारे के मुताबिक बसपा प्रदेश की अस्सी सीटों में से अड़तीस पर चुनाव लड़ेगी जबकि समाजवादी पार्टी सैंतीस सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी रायबरेली और अमेठी की सीटें कांग्रेस पार्टी के लिये छोड़ो गइ है सपा बसपा गठबंधन ने सीटों की चयन प्रक्रिया भी पूरी कर ली है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम शुरू किया है बच्चों को अंतरिक्ष की गतिविधियों के बारे में रुचि पैदा करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के बारे में उन्हें बुनियादी बातों से अवगत करायेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि गर्मी की छूटिटयों के दौरान कैच देम यंग छात्रावास प्रशिक्षण कार्यक्रम करीब दो हफ़्ते का होगा इस सिलसिले में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित राज्यों के शासकों से आग्रह किया गया है कि वह अपने अपने राज्यों से तीन मेधावी छात्रों के नाम की सिफ़ारिश करें नाम चयन के दौरान ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्ज़ापुर के महुवरियां में अस्थाई तौर पर नये केन्द्रीय विद्यालय का शुभारम्भ किया इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने कहा कि विद्यालय ज़िले के मेधावी छात्रों के लिये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूरा होने तक इसका संचालन अस्थाई रूप में राजकीय इंटर कॉलेज महवरियां में किया जायेगा फिलहाल नये केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा एक से पांचवीं तक के बच्चों का प्रवेश होगा